इसरो उपग्रह प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से पीएसएलवी सी पैंतालीस रॉकेट को सफलतापूर्वक छोड़ा इस रॉकेट ने सत्रह मिनट के अंदर एमीसैट उपग्रह को सात सौ चौव्वन किमोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया इस उपग्रह के अधिकांश उपकरण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तैयार किए हैं यह उपग्रह देश की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का कार्य करेगा प्रक्षेपण के लगभग डेढ़ घंटे बाद इस रॉकेट ने अट्ठाईस छोटे विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया इनमें से चौबीस अमरीका के दो लिथूआनिया के और एक एक उपग्रह स्पेन और स्विटजरलैंड के हैं उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने पीएसएलवी सी पैंतालीस के सफल प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख डॉक्टर सिवन ने सफल प्रक्षेपण के लिए संगठन के वैज्ञानिकों और सहयोगी उद्योगों को बधाई दी है वैज्ञानिकों को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस मिशन में बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं निर्वाचन आयोग मनरेगा भारत निर्वाचन आयोग ने आज से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी वोटर सेल्फी जोन प्रदेश में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर मतदान केन्द्र पर वोटर सेल्फी जोन बनाया जाएगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि प्रदेश में तेईस हजार से अधिक मतदान केन्द्र हैं मतदान केन्द्र के बाहर एक आकर्षक पोस्टर लगाया जाएगा मतदान के बाद मतदाता इस पोस्टर के सामने खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं उन्होंने बताया कि मतदाता को अपने बाये हाथ की तर्जनी उंगली में लगी अमिट स्याही को दिखाते हुए वोटर सेल्फी पोस्टर के साथ सेल्फी लेकर भेजना होगा श्री साहू ने बताया कि मतदान केन्द्र में ली गई सेल्फी को मतदाता ईपिक नंबर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के नाम के साथ अपने फेसबुक या ट्वीटर पर हैश टैग छत्तीसगढ़ वोट्स के साथ एट द रेट सीईओ छत्तीसगढ़ को टैग करें अथवा वे सेल्फी को सीजी इलेक्शन सेल्फी कॉन्टेस्ट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी ईमेल कर सकते हैं उन्होंने बताया कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से उत्कृष्ट सेल्फी का चयन कर आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर समुचित प्रबंध करने तथा युवाओं के बीच सेल्फी प्रतियोगिता के प्रचार करने के निर्देश दिए हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान शत प्रतिशत मतदान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसी कड़ी में आज महाविद्यालयों में मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान के तहत छात्र छात्राओं द्वारा मेहंदी रंगोली पोस्टर और रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया इस मौके पर महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्राचार्यों द्वारा मतदान के लिए शपथ दिलाई गया गई तथा दूसरों को मतदान के लिए प्रेरित करने का आव्हान किया गया वहीं जिला अस्पताल पंडरी और कालीबाड़ी सहित सभी सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की पर्चियों में मोर रायपुर वोट रायपुर की सील लगाकर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस मुहिम में रायपुर जिले के निजी अस्पताल और नर्सिंग होम भी जुड़े हुए हैं उधर जशपुर जिले में भी जश्न ए जशपुर कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आज सुबह जशपुर नगर में विशाल साइकिल रैली निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा सामाजिक संगठनों और शासकीय अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए इस बीच रायपुर लोकसभा के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक कुमार अजीत ने आज कलेक्टोरेट परिसर में स्थापित सी विजिल शिकायत सेल मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण सेल का निरीक्षण कर वहां संचालित कार्यो का जायजा लिया

वे आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र पर सुबह ग्यारह बजे से दोपहर बारह बजे तक मौजूद रहकर श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगे

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस दौरान मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक भी करेंगे श्री साहू सोशल मीडिया फेसबुक ट्वीटर और यू ट्यूब लाइव के माध्यम से भी मतदाताओं से जुड़कर उनके सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे हैं अब रेडियो के श्रोता भी फोन के जरिए उनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी श्रोता उनसे फोन नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक तथा दो चार तीन शूनय पांच शून्य दो पर फोन कर प्रश्न पूछ सकता है नामांकन दाखिल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित सात लोकसभा क्षेत्रों में इस समय नामांकन भरने की प्रक्रिया चल रही है इसी कड़ी में आज रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे और भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया परीक्षा समय सारिणी प्रदेश में पहली बार कक्षा पहली से आठवीं तक की वार्षिक परीक्षाएं एक साथ आगामी चार अप्रैल से सोलह अप्रैल तक आयोजित की जाएगी यह परीक्षा ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगी इसके लिए सहायक संचालक और संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय सारिणी के मुताबिक प्राथमिक स्कूल की कक्षा पहली से पांचवीं तक की परीक्षा सुबह आठ से दस और पूर्व माध्यमिक स्कूल की कक्षा छठवीं से आठवीं तक की परीक्षा सुबह आठ से साढ़े दस बजे तक होगी

वहीं मौके पर पुलिस ने तीन टिफिन बम भी बरामद किए हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इसी दौरान सिहावा थाना क्षेत्र के खल्लारी के जंगल में दोनों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इन माओवादियों के पास से भरमार बंदूक सहित कई माओवादी सामग्री बरामद की गई है गिरफ्तार माओवादियों में एक सीतानदी एरिया कमेटी का कमांडर है जिस पर पांच लाख रूपये का इनामी घोषित किया गया था वहीं दूसरे माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था

इसके लिए कल दो अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी जो अट्ठारह मई तक चलेगी आवेदक को वेबसाइट पर अपने ई मेल पर लॉग ऑन करके अपने प्रवेश पत्र की तारीख और रैली स्थान के विवरण के साथ प्रिंट आउट लेना होगा आवेदक प्रवेश पत्र पर नवीनतम फोटो चस्पा करने के बाद भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे इस भर्ती रैली में प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे यह भर्ती रैली सैनिक सामान्य ड्यूटी जीडी सैनिक सामान्य ड्यूटी अनुसूचित जाति सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रेडमेन के पदों के लिए की जा रही है

पहले यह समय सीमा इकतीस मार्च तक थी

आज देना बैंक और विजया बैंक का इसमें विलय हुआ

वहीं दो अन्य युवक घायल हो गए हैं

इस हादसे में लाखों रूपये के नुकसान की आशंका है आगजनी की इस घटना में एक महिला भी झुलस गई है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है